लामार्थियों ने योजना के तहत मिलने वाले लाम के अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दो दिन का यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये मूल्य का मुफ्त इलाज हुआ है आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के तहत अब तक पचहत्तर सौ करोड़ रूपये से छियालीस लाख उपचार दिए गए दस करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कार्ड जारी किए गए हैं

प्रतीक श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार

आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग देश के रक्षा बजट के खर्च पर बारीकी से नजर रखता है

इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के कई जिलों में फिट इण्डिया प्लॉगिंग रन का भी आयोजन किया जायेगा इस अभिनव पहल में लोग दौड़ते हुये सड़क के आसपास दिखरे प्लास्टिक कचरे को भी उठायेंगे प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिये लोगों से यह अपील की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद के सावरमती आश्रम में राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि देंगे वे आश्रम को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे उधर गांधी जयंती पर प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है जो लगातार छत्तीस घंटे तक चलेगा विशेष सत्र में राज्य सरकार जनता के सामने अपने कार्यो का व्यौरा रखेगी इस विशेष सत्र में स्वास्थ्य बिजली पानी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जायेगी गांधी जयंती के अवसर पर गुजरात के सावरमती में आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में बुलंदशहर के तीस प्रधान और स्वच्छताग्राही भी भाग लेंगे बुलंदशहर के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये जिले से तीस लोगों का जत्था आज साबरमती के लिये रवाना हो गया उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को रद्द किये जाने के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर चौदह नवम्बर से सुनवाई शुरू करेगा न्यायमूर्ति रमणा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील नामंजूर कर दी कि इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह से ज्यादा समय नही दिया जाना चाहिए न्यायालय ने इस मामले में और याचिकाएं दायर किये जाने पर भी रोक लगा दी है प्रदेश में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल की पहल पर लखनऊ में दस लाख से अधिक विधार्थियों ने महात्मा गांधी से जुड़े साहित्य को पढ़कर विश्व रिकार्ड बनाया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पढ़े लखनऊ बढ़े लखनऊ अभियान के तहत पैंतालीस मिनट तक स्कूलों और कॉलेजों के विधार्थियों ने गांधी साहित्य की पुस्तकें पढ़ी प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की प्ररेणा से शुरू हुए पढ़े लखनऊ बढ़े लखनऊ अभियान के तहत आज लखनऊ के विमिन्न स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के दस लाख से अधिक बच्चों ने विश्व रिकार्ड कायम करने के लिए एक साथ किताबें पढ़ी कक्षा छह से ऊपर के छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की अगुवाई में यह आयोजन किया गया

सुशीलचंद्रतिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ